किसानों के पचास हजार रुपए तक का ऋण माफ करेगी राज्य सरकार बजट में दो हजार करोड रुपए का किया गया प्रावधान राज्य सरकार सभी विभागों की आधिकारिक वेबसाइट की कराएगी सिक्योरिटी ऑडिट साइबर अपराध से निपटने के लिए बनेगा स्ट्रांग सेल लातेहार जिले में हुए मनरेगा घोटाले में आठ मुखिया दस पंचायत सेवक और आठ रोजगार सेवक समेत छत्तीस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज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

प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पेरिस जलवाय समझौते की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर आज विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पेरिस समझौता बहुस्तरीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है

इस सिलसिले में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पिछले सौ वर्ष से पर्यावरण पर पड़ रहे द्वष्प्रभावों का नतीजा है उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन में भारत का हिस्सा सिर्फ तीन प्रतिशत है पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने जलवायू परिवर्तन से निपटने के अभियान में हिस्सेदारी निभायी है पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनसे धरती के तापमान में बढ़ोतरी को दो डिग्री सेल्सियस से कम स्तर पर रखने में मदद मिलेगी कृषि मंत्री राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि किसानों के पचास हजार रुपए तक की ऋण माफी की योजना तैयार कर ली गई है इस सिलसिले में कल उन्होंने विकास आयुक्त वित्त और कृषि विभाग के सचिव समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी को लेकर बजट में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है श्री बादल ने यह भी कहा कि कृषि कानूनो में संशोधन के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है यह समिति संवैधानिक दायरे में केंद्र और राज्य सरकार के कृषि कानूनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी

इनमें एक लाख आठ हजार चार सौ अठासी लोग कोरोना को मात दे चुके हैं वहीं नौ सौ पंचान्बे लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल एक हजार छह सौ चारान्बे संक्रमितों का इलाज चल रहा है इस तरह कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतान्बे दशमलव पांच आठ प्रतिशत पहंच चुकी है

नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा तिरान्बे मामले रांची से मिले हैं वहीं इसी जिले से ही सर्वाधिक पचहत्तर लोग स्वस्थ भी हुए हैं आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर उत्कृष्ठ सेवा करने वाले स्वास्थ्य विभाग के संतावन कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा सम्मानित होने वाले लोगों में हेल्थ सब सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक एएनएम और सहिया शामिल हैं इस वर्ष हेत्थ फोर ऑल प्रोटेक्टशन फोर एवरी वन थीम पर यह दिवस मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने परिवहन विभाग को राजस्व में बढ़ोत्तरी और संग्रहण के लिए विशेष योजना बनाने को कहा है उन्होंने परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरुप राजस्व प्राप्ति के लिए सभी समुचित कदम उठाए जाएं उन्होंने चेकपोस्ट पर राजस्व वसूली में हो रही गडबडियों को रोकने का भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि एमवीआई के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए मुख्यमंत्री ने छह सौ साठ करोड़ के टैक्स डिफॉल्टरों से बकाया वसूलने का निर्देश अधिकारियों को दिया इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कोरोना की वजह से चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य का मात्र पचपन प्रतिशत ही राजस्व संग्रह किया जा सका है उन्होंने बताया कि राजस्व संग्रह बढाने की दिशा में विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं रांची से बोकारो के लिए पैसेंजर ट्रेन का परिचालन चौदह दिसंबर से शुरू होगा यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी बोकोरो स्टेशन से यह सुबह नौ बजे और रांची स्टेशन से दोपहर तीन बजकर पचपन मिनट पर रवाना होगी स्टेशन स्थित काउंटर से इसके लिए टिकट मिलेंगे

राज्य सरकार के सभी विभागों के आधिकारिक वेबसाइट को हैकिंग से बचाने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट कराई जाएगी वहीं साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए स्ट्रांग सेल का गठन होगा जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स की टीम होगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेस विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं में आईटी सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उन्होंने कहा कि राज्य की आवश्यकता और आम लोगों की सहूलियत के लिए सुचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के विकास विस्तार और उपयोग पर सरकार का विशेष जोर है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी विभागों के लिए सुचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का समग्र डेटा तैयार करे मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों के लिए टॉल फ्री नंबर जारी करने के भी निर्देश अधिकारियों को ँदिए इस दौरान उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परियोजनाओं की जानकारी ली सिमडेगा जिले बानो थाना क्षेत्र रिथित कनरवा जंगल से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के तीन उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान के दौरान इन तीनों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया उन्होंने बताया कि इस अभियान में शामिल जवानों को सम्मानित किया जाएगा इधर रांची जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र से वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पीएलएफआई के एक जोनल कमांडर को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है

गिरिडीह जिले में कल कारखानों से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है

लातेहार जिले के गारू प्रखंड में हुए मनरेगा घोटाला में शामिल छत्तीस आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है इनमें आठ मुखिया दस पंचायत सेवक आठ रोजगार सेवक दो कंप्यूटर ऑपरेटर और आठ अन्य लोग शामिल हैं इन सभी के खिलाफ मनरेगा योजनाओं में कार्य कर रहे राजमिस्त्री और मजदूरों को भुगतान की जानेवाली राशि को वेंडर के खाते में डालकर गबन करने का आरोप है मनरेगा में राशि गबन किए जाने की शिकायत मिलने के बाद उपायक्त ने एक टीम का गठन कर इसकी जांच कराई थी जांच रिपोर्ट में घोटाले की बात सामने आने के बाद इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है रांची जिले के उपायुक्त ने सेवा गारंटी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में कई अंचलाधिकारियों के खिलाफ लगभग ग्यारह लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है इन अंचलाधिकारियों पर जमीन की दाखिल खारिज बेवजह लंबित रखने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है इन सभी को चौबीस घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है इनका जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके वेतन से जुर्माने की राशि काटी जाएगी

इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी सभी जिलों के व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगायी जा रही है

रांची जिले में छियालीस बेंचों में मामलों का निपटारा किया जाएगा

खूंटी जिला प्रशासन ने हुटार डुगडुगिया के समीप एक क्रशर खदान को सील कर दिया

अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा के काफिले पर हुए पथराव को लेकर केंद्र सरकार के कड़े रुख की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है रिम्स समेत राज्य में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों पर आफत दैनिक हिंदुस्तान ने इस शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनायी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है दैनिक भास्कर ने भाजपा विधायक रंधीर सिंह और नवीन जायसवाल के सरकारी आवास को आज खाली कराए जाने की तैयारियों से संबंधित खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है हेमंत सरकार के उनतीस दिसंबर को एक साल होने पर नौकरी पेंशन और कर्जमाफी का तोहफा दिए जाने से संबंधित खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है रांची एक्सप्रेस ने बोकारो थर्मल प्लांट से बिजली उत्पादन बंद होने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने नए कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने की खबर को पहले ॅपन्ने पर प्रकाशित किया है